अब तक एक लाख एक हजार से अधिक लोग ठीक हुये

हजारों की संख्या में बाढ़ पीड़ितों ने ऊंचे स्थानों पर शरण लिया

पटना के बिहटा स्थित ईएसआईसी में केन्द्र सरकार की सहायता से पहले कोविड अस्पताल ने आज से काम करना शुरू कर दिया है केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसका उद्घाटन किया इस अवसर पर श्री राय ने कहा कि यहां कोरोना रोगियों का मुफ्त इलाज होगा

पांच सौ पांच सौ बेड वाले दोनों अस्पतालों का निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया जा रहा है और इन अस्थायी कोविड अस्पतालों को प्रधानमंत्री केअर्स फंड ट्रस्ट आर्थिक मदद देगा आध्रनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस इन दोनों अस्पतालों में मरीजों का बेहतर इलाज हो सकेगा

ऑक्सीजन आपूर्ति सुविधा के साथ साथ इन केंद्रों पर नवीनतम कोविड परीक्षण उपकरण और अन्य अत्याधुनिक चिकित्सीय जरूरतें भी स्थापित की जा रही हैं इन अस्पतालों में मरीज की देखरेख की जिम्मेवारी सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्रदान की जा रही है

वहीं प्रवासी मजदूरों की देखमाल के लिए कोष से एक हजार करोड़ रुपये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दिए गए हैं पीएम केयर्स से ही देश में कोविड वैक्सीन के विकास के लिए एक सौ करोड़ रूपयों का भी आर्थिक अनुदान दिया गया है आनंद चतुर्वेदी आकाशवाणी समाचार दिल्ली प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर लगातार बढ़ रही है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक संक्रमित एक लाख तेईस हजार तीन सौ तिरासी लोगों में से एक लाख एक हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर बयासी प्रतिशत हो गयी है जबकि राज्य में छह सौ सत्ताईस लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है इधर विभिन्न जिलों में कोविड उन्नीस संक्रमण के एक हजार दो सौ सत्ताईस नये मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक दो सौ पच्चीस मामले पटना जिले में मिले हैं मुजफ्फरपुर में पचहत्तर पूर्वी चम्पारण में अड़सठ सहरसा में पैंसठ गया में चौवन पश्चिम चम्पारण में इक्यावन भोजपुर में उनचास और भागलपुर में बयालीस नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके अतिरिक्त अन्य जिलों में भी संक्रमण के नये मामले मिले हैं इधर देश में कोविड उन्नीस मरीजों के स्वस्थ होने की दर पचहत्तर दशमलव दो सात प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में संतावन हजार चार सौ उनहत्तर मरीज स्वस्थ हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में ठीक होने वालों की संख्या तेईस लाख अड़तीस हजार से अधिक है यह मौजूदा सक्रिय मामलों से तीन गुना से ज्यादा है मंत्रालय ने बताया कि देश में संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत भी कम हो कर एक दशमलव आठ पांच प्रतिशत हो गया है जो विश्व में सबसे कम है भारतीय जन स्वास्थ्य फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड संक्रमण के मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से काफी बेहतर स्थिति में है और सरकार के उपायों के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं बाईट अब तक जो नतीजे निकले है उससे पता चलता है कि यह वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारी हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी और गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है गंगा नदी में उफान से सबसे अधिक प्रभावित खगड़िया भागलपुर कटिहार और मुंगेर जिले हैं मुंगेर जिले में बरियारपुर जमालपुर धरहरा और सदर प्रखंड के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं शहर के कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैला हुआ है इधर भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड में बाढ़ का सबसे अधिक प्रकोप है इसके अलावा सबौर कहलगांव और पीरपैंती प्रखंड के कई गांव भी बाढ़ की चपेट में हैं दियारा और तटवर्ती क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ा है खगड़िया जिले में गंगा बागमती कोसी और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का संकट गहरा गया है गोगरी और परबत्ता प्रखंड बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं वहीं वाल्मीकिनगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम चम्पारण जिले में सुरक्षा बांधों पर कटाव तेज हो गया है इधर मुजफ्फरपुर और आस पास के इलाकों में हो रही बारिश से एक बार फिर नदियों के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है वहीं सारण जिले में बाढ़ की रिथति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है सबसे अधिक प्रभावित तरैया प्रखंड में बाढ़ का पानी कम होने लगा है पानी की तेज धारा से तरैया अमनौर स्टेट हाई वे कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है इधर गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से सोनपुर प्रखंड में कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मनिहारी प्रखंड के कई पंचायतों में भीषण कटाव हो रहा है बाढ़ के पानी के कारण प्राणपुर मनिहारी अमदाबाद और बरारी प्रखंड के कई गांवों का प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है उत्तर बिहार के जिलों दरभंगा सीतामढ़ी समस्तीपुर सुपौल सहरसा और मधेपुरा में हालात अब सामान्य होने लगे हैं प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है मौसम वैज्ञानिक एस के मंडल ने बताया कि प्रदेश में मानसून सामान्य है और दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान अच्छी बारिश की संभावना है

मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मधुबनी जिले के मधवापुर में सबसे अधिक एक सौ पचास मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गयी जबकि समस्तीपुर सीवान बेगूसराय बक्सर पश्चिम चंपारण और गया जिले में बीस मिलीमीटर से नब्बे मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गयी प्रदेश में अधिकांश नदियों के जलस्तर में कमी आयी है गंगा नदी का जलस्तर ज्यादातर स्थानों पर स्थिर बना हुआ है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार केवल बक्सर में नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गयी वहीं पटना के गांधी घाट और भागलपुर जिले के कहलगांव में नदी का जलस्तर लाल निशान से ऊपर बना हुआ है सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में भी ज्यादातर स्थानों पर कमी आयी है घाघरा नदी का जलस्तर घट रहा है लेकिन सीवान जिले के गंगपुर सिसवन में लाल निशान से पचास सेंटीमीटर ऊपर है गंडक नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर वैशाली और पश्चिम चम्पारण जिले में कम हुआ है हालांकि गोपालगंज जिले के डुमरियाघाट में यह अब भी खतरे के निशान से चालीस सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है खगड़िया को छोड़कर ब्रूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर पूर्वी चम्पारण और सीतामढ़ी में घट रहा है वहीं बागमती नदी के जलस्तर में भी अधिकतर स्थानों पर गिरावट हो रही है इधर कोसी महानंदा कमला बलान और परमान नदी का जलस्तर भी कम हुआ है हालांकि कोसी नदी सुपौल जिले के बसुआ में लाल निशान के आप पास बह रही है खगड़िया और भागलपुर जिले की सीमा पर गंगा नदी में आज एक नौका निर्माणाधीन पुल से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी इस हादसे में छह लोग लापता हैं बताया जाता है कि करीब पचास लोग नौका पर सवार थे सभी लोग अगुवानी घाट से सुल्तानगंज घाट जा रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि पंचायती राज्य और अन्य नगर निकायों से नियोजित किये गये शिक्षकों को नयी सेवा शर्त नियमावली का लाभ अगले वर्ष की पहली तारीख से मिलने लगेगा श्री कुमार वीडियो कांफ्रेंस के जरिये राज्य के तीन हजार से अधिक पंचायतों में नौवीं कक्षा के पठन पाठन का शुभारंभ करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुये कहा कि उन्होंने उच्च राजनीतिक मूल्यों और आदर्शो की बदौलत सार्वजनिक जीवन में उच्च शिखर को प्राप्त किया था भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय सहित पार्टी के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक याद किया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बैठक की इस दौरान मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग के कोविड उन्नीस महामारी के मद्देनजर चुनाव कराने के लिए जारी किये गये दिशा निर्देश पर चर्चा की गयी बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बड़ी संख्या में राज्य में लौटे प्रवासी कामगारों को चुनाव के दौरान वोट डालने का अधिकार मिले इसके अलावा मतदान केन्द्रों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुये महिला चुनावकर्मियों को भी पर्याप्त संख्या में ड्यूटी लगाने को कहा गया है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर केन्द्र सरकार के सहयोग से पटना के बिहटा में विशेष कोविड अस्पताल शुरू

अब तक एक लाख एक हजार से अधिक लोग ठीक हुये

हजारों की संख्या में बाढ़ पीड़ितों ने ऊंचे स्थानों पर शरण लिया